पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में रिकार्ड दो सौ नब्बे मिलीमीटर बारिश

अब तक महामारी से राज्य में दो सौ सत्रह लोगों की मृत्यु और केन्द्रीय दल ने कोविड उन्नीस की स्थिति को लेकर गया का दौरा किया

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की आशंका है इन क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले दो दिनों तक मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी

गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भी पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद वाल्मिकी नगर बराज से साढ़े चार लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और बाढ़ राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये गये हैं गंडक में उफान के कारण सबसे अधिक प्रभावित गोपालगंज जिले में निचले क्षेत्रों से लोगों को एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बगहा भीतहा धनहा बैरिया और नौतन प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूदा स्थिति को लेकर संबंधित जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत की राज्य के आठ जिलों में तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक बारह हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है वहीं एक हजार पचहत्तर राहत शिविर विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है वहीं पश्चिमी चंपारण मधुबनी दरभंगा पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में राज्य में सबसे अधिक दो सौ नब्बे मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं चनपटिया में दो सौ पचास मिलीमीटर बारिश हुई है मध्रबनी जिले के झंझारपुर और सीतामढ़ी जिले के सुरसंड में दो सौ बीस मिलीमीटर जबकि दरभंगा के कमतौल में और शिवहर शहर में दो सौ दस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है इधर पूर्वी चंपारण जिले के चकिया केसरिया और समस्तीपुर जिले के पूसा में एक सौ नब्बे मिलीमीटर तक वर्षा हुई है प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर रिकार्ड किया गया वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंगब्रिज और कटौंझा में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है वहीं कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां उत्तर बिहार में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं अधवारा समूह नदी का जलस्तर दरभंगा जिले के एकमी घाट में खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया गंगा नदी का जलस्तर पटना के हाथीदह और गांधी घाट में तथा भागलपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है वहीं घाघरा नदी सिवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बह रही है अररिया से होकर बहने वाली परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से चालीस सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है जबकि कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है समस्तीपुर जिले के बिथान हसनपुर और कल्याणपुर प्रखंड की एक दर्जन से अधिक पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं प्रभावित लोगों को सामुदायिक रसोई घरों में तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है इधर कटिहार जिले में बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण फलका और समेली प्रखंड के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के कारण गायघाट प्रखंड में शिवदाहा पुल ध्वस्त हो गया है इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है शिवहर में बागमती नदी में उफान के कारण सीतामढ़ी शिवहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार का डायवर्सन धनकौल के पास बह गया वहीं शिवहर मोतिहारी मार्ग पर बेलवा के पास सड़क के ऊपर से तेज धार के साथ पानी बह रहा है जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआही गांव में खेत में काम करने के दौरान एक महिला और उसके पुत्र की वज्रपात की चपेट में आकर मौत हो गयी वहीं शिवहर जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी नवादा जिले में भी धनार्जय नदी पर बना डायवर्सन नरहट प्रखंड के बवनौर के पास बह गया है अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की प्रमुख बरसाती नदियों परमान और सिकटी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पटना जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर सत्तर मिलीमीटर तक बारिश रिकार्ड की गयी है बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है पटना शहर के राजेन्द्र नगर बहादुरपुर कंकड़बाग पोस्टल पार्क और श्रीकृष्णपुरी सहित कई हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सताईस हजार चार सौ पचपन हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक हजार छिहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ छियानवे संक्रमण के नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं भागलपुर से अंठानवे समस्तीपुर जिले से छियासठ और भोजपुर तथा रोहतास जिले से छप्पन छप्पन नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो सौ सत्रह हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बूलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ लोगों की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सताईस अनुमंडलों में रैपिड एंटीजन जांच शुरू हो गया है उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रैपिड एंटीजन जांच शुरू हो जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति का जायजा लेने पहंची केन्द्रीय टीम ने आज गया का दौरा किया स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में यह टीम कल से बिहार दौरे पर है गया पहुंचने के बाद दल के सदस्यों ने शहर में विभिन्न कंटेनमेंट जोन और प्रभावित इलाकों का दौरा किया सदस्यों ने कोविड उन्नीस महामारी के इलाज के लिये बनाये गये नोडल सेंटर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी दौरा किया केन्द्रीय दल ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को दी जा रही इलाज की सुविधा के बारे में जानकारी ली इसके अलावा गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और चिकित्सों तथा अधिकारियों के साथ दल ने समीक्षा बैठक की इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र हरि ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय दल ने मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और इलाज के संबंध में व्यापक विश्लेषण के निर्देश दिये हैं रविवार को टीम के सदस्यों ने पटना में कोविड प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और वरिष्ठ अधिकारियों से स्थिति को लेकर विचार विमर्श किया दल ने बिहार सरकार को जांच के तरीके में बदलाव लाने संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाकर महामारी के प्रसार की कड़ी तोड़ने को कहा था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कोविड उन्नीस को लेकर केन्द्रीय दल के सदस्यों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा हुई श्री पांडेय ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केन्द्रीय दल ने आने वाले समय में कोविड मरीजों के इलाज के लिये सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच समन्वय को लेकर कई सुझाव दिये हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में प्रयोग में आने वाले कई उपकरणों को लेकर मांग की है वहीं देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर ग्यारह लाख अठारह हजार हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अुनसार इस महामारी से अब तक सात लाख लोगों को स्वस्थ होने के बाद छ्टटी दी जा चुकी है वहीं सताईस हजार चार सौ संतानवे लोगों की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हुई है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह का कहना है कि कोविड उन्नीस के नये लक्षणों में लोगों में जल्द ही बहुत तेज बुखार देखा जा रहा है लोगों को लक्षण उभरने पर तुरंत जांच करानी चाहिए

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्क नहीं पहनने पर पिछले दो हफ्तों के दौरान छियासठ हजार लोगों से तैंतीस लाख ज़र्माना वसूला गया है जबकि ज़ुलाई महीने में अब तक नियमों के उल्लंघन के मामले में तीन करोड़ पैंसठ लाख का अर्थदंड वसूल किया गया है देश में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण कानून आज से लागू हो गया है इस कानून में अब ग्राहकों को उनके हित में कई अधिकार दिये गये हैं इसके अलावा शिकायत करने पर त्वरित कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नया कानून वर्ष उन्नीस सौ छियासी के अधिनियम का स्थान लेगा श्री पासवान ने कहा कि अब भ्रामक विज्ञापनों पर जूर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है वहीं बदलते समय को देखते हुए ऑनलाईन मार्केटिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नये अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत है कि शिकायतों का निवारण तीन स्तर पर होगा केन्द्र और राज्य के स्तर पर आयोग का गठन होगा वहीं जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम शिकायतों की सुनवाई करेगी दरभंगा जिला परिषद के सदस्य जमाल अतहर रूमी की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच के आदेश दिये हैं इसके लिये चार सदस्यों की टीम का गठन किया गया है सदस्य की कल डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी नालंदा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान विम्स पावापुरी को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है यहां रोगियों के इलाज के लिये सौ बेड की व्यवस्था की गयी है वहीं जिले के सात अस्पतालों में आज से रैपिड एंटीजन जांच की शुरूआत हुई

पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में रिकार्ड दो सौ नब्बे मिलीमीटर बारिश

अब तक महामारी से राज्य में दो सौ सत्रह लोगों की मृत्यु और केन्द्रीय दल ने कोविड उन्नीस की स्थिति को लेकर गया का दौरा किया